वे कल शाम इटली के प्रधानमंत्री ज्युसेप्पे कोंते के साथ वर्चअल शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री ने कहा है कि दुनिया को कोरोना परवर्ती यूग के अनुरूप स्वयं को बदलना होगा और इससे उत्पन्न अवसरों और चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा

उन्होंने कहा कि जिस समय अन्य देश कोरोना वायरस के बारे में जानकारी प्राप्त करने और उसे समझने की कोशिश कर रहे थे उस समय इटली इस महामारी से जूझ रहा था उन्होंने कहा कि महामारी के शुरूआती महीनों में इटली की कामयाबी ने हम सभी को प्रेरित किया और उसके अनुभवों ने सभी का मार्गदर्शन किया प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री कोंते की तरह वे स्वयं भी भारत और इटली के बीच संबंध बढ़ाने के प्रति वचनबद्द हैं

श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि बातचीत से संबंध मज़बूत होंगे आपसी समझ बढ़ेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलेगी

खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले की मांधाता सीट पर हुए उपच्नाव की मतगणना के लिए आज प्रशिक्षण दिया जायेगा यहा कलेक्टर अनिल द्विवेदी ने मतगणना स्थल का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया वहीं शिवपुरी में भी आज मतगणना प्रशिक्षण दिया जाएगा

जिला निर्वाचन अधिकारी कौलेन्द्र विक्रम सिंह और पुलिस अधीक्षक ने कल मतगणना स्थल का निरीक्षण किया छतरपुर जिला निर्वाचन अधिकारी ने मलहरा उपचुनाव की गणना के लिए पांच सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किये हैं मुरैना जिले में भी मतगणना स्थल पर कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए अधिकारी नियुक्त किये हैं

आईएएस के पद पर प्रमोट होने वाले अधिकारियों में मुख्यमंत्री के ओएसडी नीरज वशिष्ठ का नाम भी शामिल है वहीं केदारसिंह राजेश बाथम संतोष कुमार वर्मा दिनेश कुमार मौर्य राजेश ओगरे अरूण परमार का नाम भी शामिल है

उन्होंने बताया कि इस वर्ष उनके जन्म स्थान उमरिया जिले में स्थित करकेली में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा श्री चौहान कल मंत्रालय में बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रदेश भर में किए जाने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे

इस दौरान विभिन्न जनजागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और विभिन्न प्रकार की जागरुकता गतिविधियों के माध्यम से आम लोगों को कैंसर रोग के प्रति जागरूक किया जाएगा भोपाल के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ प्रभाकर तिवारी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इस बार कोरोना के चलते बड़े कार्यक्रम नहीं होंगे लेकिन छोटे आयोजनों के माध्यम से लोगों में कैंसर के प्रति जागरुकता लाने के प्रयास किए जाएंगे उन्होंने कहा कि कैंसर के उपचार की व्यवस्था जटिल होती है इस बीमारी से लड़ने का सबसे मजबूत तरीका है इसके बारे में जागरुकता और जल्द से जल्द इसकी पहचान होना सही समय पर इलाज कर इससे बचा जा सकता है जल्दी पहचान और उपचार से कैंसर ठीक हो सकता है नकली घी त्यौहारों के मद्देनजर बाजार में नकली घी मावे को खपाने की कोशिश की जाती है इसी पर लगाम लगाने के लिए कल भोपाल में हनुमानगंज थाना क्षेत्र में नकली घी बनाने की फैक्टरी पर जिला प्रशासन और फूड विभाग की टीम ने छापा मारकर चार क्विटल नकली घी जब्त किया है इसमें शुद्ध घी का एसेंस मिलाकर नकली को असली बनाकर बाजार में बेचा जा रहा था

इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश राज्य वाटर स्पोटर्स सेलिंग अकादमी के आठ खिलाड़ी ऑलम्पिक क्वालिफिकेशन की तैयारी के लिए मुम्बई में प्रशिक्षणरत हैं

इस बुलेटिन के अंत में एक अपील हमेशा ध्यान रखें मास्क और दो गज की दूरी हाथ धोना भी है जरूरी नमस्कार